मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में आज हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सहज बिजली बिल योजना को दी गई मंजूरी प्रदेश में बनेगा छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम

बीते कृछ दिनों के दौरान हई बारिश के कारण अनेक नदियां उफान पर गंगरेल और मोगरा बैराज से लगातार छोड़ा जा रहा है पानी महानदी और शिवनाथ के तटीय इलाकों को अलर्ट किया गया

यह निर्णय आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया

राज्य मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार बिलासपुर विश्वविद्यालय और राजनादगांव मेडिकल कॉलेज का नाम अटल जी के नाम पर रखा जाएगा नया रायपुर में अटल जी की एक बड़ी प्रतिमा लगाने के साथ ही प्रदेश के सभी सत्ताईस जिला मुख्यालयों में उनकी प्रतिमाएं लगाई जाएंगी राजधानी में बन रहे एक्सप्रेस वे के साथ ही नया रायपुर के सेंट्रल पार्क को भी अब अटल जी के नाम से जाना जाएगा पुलिस में एक बटालियन का नाम पोखरण बटालियन रखा जाएगा वहीं अटल जी के नाम पर दो पुरस्कार भी शुरू किए जाएंगे अटल सुशासन पुरस्कार के नाम से राज्य स्तरीय पुरस्कार शुरू किया जाएगा सुशासन के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल करने वाली जनपद जिला नगर पंचायत और नगर निगम को एक नवंबर को राज्योत्सव के दिन यह पुरस्कार दिया जाएगा इसके अलावा राष्ट्रीय स्तर का एक पुरस्कार हर वर्ष पच्चीस दिसंबर को अटल जी की जयंती पर किसी जाने माने कवि को प्रदान किया जाएगा मुख्यमंत्री ने बताया कि आज मंत्रिमंडल ने स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्वांजलि देने के साथ शोक प्रस्ताव भी पारित किया इस शोक प्रस्ताव का अनुमोदन आगामी अट्ठाईस अगस्त तक सभी पंचायती राज संस्थाएं और नगरीय निकाय करेंगी

मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में सहज बिजली बिल योजना का अनुमोदन किया गया

इस योजना का लाभ राज्य के बारह लाख से ज्यादा घरेलू कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं को मिलेगा वहीं राज्य के बेमेतरा दूर्ग जांजगीर चांपा रायगढ़ और कोंडागांव नगर में सिटी बस सेवा के परिचालन के लिए सत्रह मार्गों को शहरी मार्ग घोषित किया गया है मंत्रिमंडल ने छत्तीसगढ़ फिल्म विकास निगम के गठन का भी निर्णय लिया है यह निगम संस्कृति विभाग के अंतर्गत होगा इसमें शासन द्वारा नामांकित व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाएगा वहीं छह शासकीय सदस्यों के अलावा पांच अशासकीय सदस्य भी होंगे यह निगम प्रदेश में क्षेत्रीय फिल्म निर्माण और उनके प्रदर्शन की समुचित व्यवस्था के साथ साथ कलाकारों के प्रशिक्षण की भी व्यवस्था करेगा मतदाता सूची पुनरीक्षण प्रदेश में होने वाले आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मतदाता सूची में नाम जोड़ने और अपात्र लोगों के नाम हटाने के साथ ही त्र्टिपूर्ण नामों को संशोधित करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई है मतदाता सुची के संक्षिप्त पुनरीक्षण का यह कार्य अब इकतीस अगस्त तक चलेगा पहले मतदाता सूची का पुनरीक्षण आज तक होना था राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुब्रत साहू ने आकाशवाणी समाचार को जानकारी देते हुए बताया कि अब लोग मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के साथ ही इससे संबंधित दावा आपत्ति इकतीस अगस्त तक कर सकेंगे

इस बीच खबर मिली है कि आज डेंगू से एक और युवती मौत हो गई इस युवती का इलाज रायपुर के एक अस्पताल में चल रहा था वहीं दुर्ग और भिलाई में प्रशासन की ओर से लगातार अभियान चलाकर कूलर और गड्ढ़ों में जमा पानी की सफाई की जा रही है

गंगरेल और मोगरा बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है जिससे महानदी और शिवनाथ का जलस्तर बढ़ रहा है गंगरेल में इस समय करीब संतानवे फीसदी से अधिक पानी भर चुका है इस कारण आज इस बांध के छह गेट खोल दिए गए यहां से लगभग बारह हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है नदियों के किनारे बसे गांवों में बाढ़ की आशंका को देखते हुए मुनादी करा दी गई है उधर ओडिशा से खातिगुड़ा बांध के चार गेट खोल दिए गए हैं इससे बस्तर संभाग की विभिन्न नदियां उफान पर हैं इंद्रावती का जलस्तर खतरे के निशान तक पहुंच चुका है सुकमा स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग पर पानी भर गया है इसके चलते आवाजाही प्रभावित होने की खबर है राज्य के दक्षिणी इलाके में बीते कई दिनों से हो रही बारिश की वजह से आम जन जीवन काफी प्रभावित हुआ है कई गांवों का संपर्क दूट चुका है अनेक मकानों के क्षतिग्रस्त होने के साथ साथ बड़े पैमाने पर फसलों को भी नुकसान पहुंचा है एटीएम अगले वर्ष से देश के माओवाद प्रभावित इलाकों में एटीएम मशीनों में नकदी भरने की समय सीमा शाम चार बजे तक होगी वहीं शहरी इलाकों में रात नौ बजे के बाद और ग्रामीण इलाकों में शाम छह बजे के बाद किसी भी एटीएम मशीन में नकदी नहीं भरी जाएगी केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में नया आदेश जारी किया है इसमें यह भी कहा गया है कि नकदी का प्रबंधन करने वाली निजी कम्पनियों को दोपहर तक ही बैंकों से नकदी लेनी चाहिए और सशस्त्रक वाहनों में ही नकदी ले जानी चाहिए नकदी ले जाने वाली गाड़ी में दो हथियारबंद गार्ड रखने के निर्देश दिए गए हैं नकदी ले जाने वाली गाड़ियों और तिजोरियों पर हमले एटीएम धोखाधड़ी और अन्य आंतरिक धोखाधड़ियों के मद्देनज़र मानक संचालन प्रक्रियाएं अगले वर्ष आठ फरवरी से लागू हो जाएंगी देश में आठ हजार से अधिक निजी नकदी वैन चल रही हैं और बैंको के लिए प्रतिदिन पंद्रह हजार करोड़ रुपये से अधिक का संचालन करती है कई बार ये एजेंसियां रात भर के लिए नकदी अपनी तिजोरियों में रखती हैं

राजधानी रायपुर सहित प्रदेश की तमाम मस्जिदों में कल सुबह ईद की नमाज अदा की जाएगी मुस्लिम समुदाय ईद उल अजहा की तैयारियों में जुटा हुआ है वहीं मस्जिदों में ईद की नमाज के लिए विशेष तैयारियां की जा रही हैं इस मौके पर अपने संदेश में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने प्रदेषवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं